सरकार सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है उद्योग जगत ने आशा व्यतक्त की है इस बार उद्योगों की ऋण सुविधा में बढ़ोतरी होगी और कार्पोरेट कर में कमी आएगी सी आई आई के आर्थिक मामलों को समिति के अध्यक्ष विनायक चटर्जी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान और सामाजिक क्षेत्र में अधिक बजट का प्रावधान हो सकता है

बजट सत्र के पहले दिन कल संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है

संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए कल सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी बैठक में दोनों सदनों में विभिन्न दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों को आश्वासन दिया कि सदन में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी

श्री गहलोत ने कल राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्रसंघ कार्यालय के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए बेरोजगारों को यह सौगात दी बढ़ी हुई दरें आज से लागू होंगी और नई दरों पर भुगतान एक मार्च से शुरू हो जाएगा

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी ये पनडुब्बी सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत बनायी जायेंगी इन पनडुब्बियों से नौसेना की मारक क्षमता बढेगी

नई दिल्ली में कल एंटी डोपिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने डोपिंग के खिलाफ खिलाडियों को सतर्क रहने को कहा है श्री राठौड़ ने कहा है कि जोश के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेना पदक जीतने से अधिक महत्वतपूर्ण है

इस सीट के लिए विधानसभा चुनाव के साथ मतदान नहीं कराया जा सका था क्योंकि चुनाव से पहले बहजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का निधन हो गया था

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने कहा कि हाइपरटेंशन मोटापा और शुगर में से किसी को दो बीमारी भी हैं तो भी उनका रियायती दर पर टीकाकरण कराया जायेगा

इनमें सर्वाधिक मौतें जोधपुर में दर्ज हुई है

उन्होंने कहा कि खनिज संपदा भण्डारों के मामले में राजस्थान काफी भाग्यशाली है खनिजों की प्रचुर उपलब्यता के कारण प्रदेश का देशभर में एक अलग स्थान है श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध इस खनिज संपदा का वैज्ञानिक तरीके से दोहन और आध्निक तकनीक के साथ प्रोसेसिंग करनी होगी ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिल सके